इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है

हाल ही में विकसित जैव विविधता वाली ये किस्में पोषण तत्वों के मामले में तीन गुना अधिक है कार्यक्रम में कोन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे देश के आंगनबाड़ी कृषि विज्ञान केन्द्र ऑर्गेनिक और बागवानी मिशनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना करते हुए इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्वता व्यक्त की

स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है इस समय देश में संक्रमण के केवल ग्यारह दशमलव एक दो प्रतिशत मामले हैं कुल आठ लाख बारह हजार लोग संक्रमित हैं भारत में मृत्युदर एक दशमलव दो प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की गिनती विश्व के ऐसे देशों में बनी हुई है जहां कोविड से प्रति दस लाख की जनसंख्या पर सबसे कम मृत्यु दर है

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

परम्पराओं के अनुसार इस महीने को पुरूषोत्तम मास भी कहते हैं पवित्र माने जाने वाले पुरूषोत्तम मास में श्रद्धालु पूरे महीने भगवान शिव और हरि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं आज इस महीने के समापन अवसर पर होशंगाबाद में नर्मदा नदी के विभिन्न तटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की कोरोना संकमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे वहीं उज्जैन में सुबह से ही श्रद्दालुओं ने क्षिप्रा नदी के तटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की ओंकारेश्वर नेमावर घांट बरमान घांट जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पुरूषोत्तम मास मनाया गया

प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी विवेक जोहरी आज जबलपुर दौरे पर पहुंचे उज्जैन में अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के मामलों की जांच के लिये राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दल आज उज्जैन पहुंचा है टीकमगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चित कालीन हडताल कर दी इससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई